नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच को दर्शाएगा ये भवन आध्रनिक और तकनीकी सुविधाओं से युक्त तथा ऊर्जा कुशल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा है कि आज का दिन देश के लिए गौरवशाली है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश का नया संसद भवन नए और समृद्ध भारत की पहचान बनेगा

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के एक वार्ड पर आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं कल ईवीएम मशीन में खराबी के कारण ये मतदान फिर से कराया जा रहा है

चुनाव आयुक्त ने बताया कि कल शाम प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं

आज अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखने की प्रतिबद्वता दोहराई है उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा से ही असमानता और भेदभाव दूर होगा विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अधिनस्थ न्यायालयों में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से लोक अदालतों में एक लाख चालीस हजार से अधिक प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा